सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

कर्मचारी लाभ राज्य सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सामान कोरोना योद्दा बनाने को मंजूरी दे दी है कल हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारे लिए कोरोना संक्रमण की रोकथाम में लगा हर शासकीय सेवक महत्वपूर्ण है मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए गृह मंत्री डा नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि यदि कोरोना कार्य के दौरान किसी भी कर्मचारी के साथ अनहोनी होती है तो उसके परिवार की सहायता के लिए एक सामान योजना बनायी जा रही है

गाँव संक्रमण केन्द्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे गांवों में कोविड महामारी फैलने से रोकने के उपाय करें पंचायती राज मंत्रालय ने राज्यों को लिखे पत्र में इस चुनौती से निपटने और नेतृत्व प्रदान करने के लिए पंचायतों तथा ग्रामीण स्थानीय इकाइयों को सुविधाएं उपलब्ध कराने का सुझाव दिया है मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण की प्रकृति और उससे निपटने के बारे में ग्रामीण समुदायों को जागरूक बनाने के लिए अभियान चलाने की भी सलाह दी है मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि लोग गलत मान्यताओं और निराधार बातों से भ्रमित न हों इसका विशेष ध्यान रखें

ऐसे में निम्न मध्यमवर्गीय लोगों को कोरोना से संक्रमित होने पर आर्थिक चिंता करने की जरूरत नहीं रही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री कोविड कल्याण योजना में प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या कवर हो रही है केवल उच्च वर्ग छूटा है उन्होंने बताया कि इस योजना का सभी जिलों में लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है

वहीं उज्जैन शहर काजी खलिकुर्रहमान ने ईद घर पर ही मनाने की अपील की है

कोविड नियंत्रण के लिए सतना जिले के प्रभारी मंत्री रामखेलावन पटेल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सिविल हॉस्पिटल अमरपाटन और मैहर में एक एक और जिला अस्पताल सतना में एक नग अतिरिक्त सीटी स्कैन मशीन उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है उधर जिले के मैहर में ब्लैक फंगस का एक मामला सामने सामने आया है डिण्डौरी में कलेक्टर रत्नाकर झा ने ग्रामीण आदिवासियों और स्थानीय निवासियों की आजीविका के मद्देनजर तेंद्रपत्ता संग्रहण और अन्य कार्यों से जुड़े श्रमिकों को नियमानुसार काम करने की सशर्त अनुमति प्रदान कर दी हैं रायसेन कलेक्टर उमाशंकर भार्गव और पुलिस अधीक्षक श्रीमती मोनिका शुक्ला ने कल साँची सलामतपुर दीवानगं सहित अन्य क्षेत्रों का निरीक्षण किया निरीक्षण के दौरान कोरोना कर्फ्यू का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी गयी निवाड़ी में कलेक्टर आशीष भार्गव ने विभिन्न गांवों में किल कोरोना अभियान का निरीक्षण किया और वैक्सीन के बारे ग्रामीण जनो को विस्तार से समझाया

वहीं कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने कोरोना कर्फ्यू का कड़ाई से पालन करने को कहा है सीधी कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी जिले में वापस आ रहे प्रवासी श्रमिकों की जानकारी प्रवासी पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए हैं

खंडवा में वन मंत्री डॉ कुंवर विजय शाहने कल हरसूद के कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया

इस हॉस्पिटल में सवा करोड़ रुपए की लागत का ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया जा रहा है यह प्लांट इंदौर को ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ा कदम है सेवाकुंज हॉस्पिटल को आयुष्मान योजना में शामिल किया जा रहा है इससे यहां पर पात्र गरीब परिवारों का निशुल्क इलाज होगा सेवा कुंज अस्पताल सभी तरीके की मेडिकल सुविधाओं से सुसज्जित है इसमें पर्याप्त मात्रा में आईसीयू ऑक्सीजन और आइसोलेशन बेड की सुविधा है

विभाग का कहना है कि विदर्भ के आसपास ऊपरी हवाओं का चक्रवात बना हुआ है इससे भोपाल में आज भी बारिश होने की संभावना है